प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल में कानून व्यवस्था चौपट होने का आरोप लगाया मुख्यमंत्री कमलनाथ का पलटवार मुददों की बात छोड़कर श्री मोदी ने लगाये असत्य आरोप आईएनएस विक्रमादित्य पोत पर लगी आग को बुझाने में रतलाम के नौसेना अधिकारी शहीद आज लाई जायेगी पार्थिव देह मौसम विभाग ने आज इन्दौर उज्जैन सागर जबलपुर ग्वालियर चंबल और होशंगाबाद संभागों में लू चलने की आशंका जताई चुनाव प्रचार प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जायेगा

वहीं इसी दिन छिन्दवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा

मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल जबलप्र में जनसभा को संबोधित करते हये कहा है कि जो लक्ष्य अध्रे रह गये हैं उन्हें आपके सहयोग से पूरा किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि आपने इन पांच वर्षो में हर फैसला लेने में मोदी का साथ दिया है जिससे यह चौकीदार बड़े फैसले लेने का साहस कर पाया उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी जनता के सामाने अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि इस विपरीत स्थिति में जनता मोदी के साथ थी नोटबंदी देशहित के लिए फायदेमंद साबित हई इसके पहले सीधी में उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए है कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में कानून व्यवस्था चौपट कर दी

कमलनाथ प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल सीधी और जबलपुर की चुनावी सभाओं के संबंध में कहा कि श्री मोदी फिर से मुद्दों की बात छोड़कर असत्य आरोप लगाकर चले गए श्री कमलनाथ की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि उन्हें उम्मीद थी कि श्री मोदी किसानों की कर्जमाफी युवाओं के रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ श्री कमलनाथ ने कहा कि बिजली प्रदाय को लेकर भी श्री मोदी ने असत्य जानकारी दी है श्री नाथ ने आरोप लगाया कि चुनावी समय में कृछ लोग जानबूझकर जनता को गुमराह करने के लिए बिजली वितरण में बाधा पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं ऐसे लोगों को हम चिंहित कर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जिन आयकर छापों के दौरान मिले नोटों का श्री मोदी ने जिक्र किया उसके बारे में जिस व्यक्ति के यहां नोट मिले वो व्यक्ति खुद ही सच्चाई बता चुका है प्रचार छिंदवाड़ा के सौंसर में कल कांग्रेस नेता और फिल्म अभिनेता शत्र्घ्न सिन्हा ने नकलनाथ के पक्ष में प्रचार किया श्री सिन्हा ने अपने फिल्मी अंदाज में नोटबंदी में और जीएसटी पर कटाक्ष किया

वहीं भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाक्र ने हुजूर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया दूसरी ओर बसपा प्रमुख मायावती आज रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगी केन्द्रीय मंत्री उमा भारती दमोह मंडला बालाघाट और खजुराहो में चुनावी सभायें करेंगी

इस चरण में संसदीय क्षेत्र मुरैना भिण्ड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ शामिल हैं

विक्रमादित्य पोत आग कर्नाटक के कारवार में युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य पर लगी आग बुझाने के दौरान रतलाम निवासी नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्रसिंह चौहान शहीद हो गए चौहान ने टीम का नेतृत्व करते हुए तत्काल आग पर नियंत्रण पा लिया इससे पोत की लड़ाकू क्षमता पर असर नहीं पड़ा लेकिन वहां ध्रएं के चलते वे बेहोश हो गए नौसेना के कारवार अस्पताल ले जाने पर उनका इलाज किया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी

शहीद होने की खबर मिलते ही कॉलोनी सहित शहर में माहौल गमगीन हो गया पार्थिव देह आज रतलाम लाई जाएगी

इस पर तीस लडाकू विमान तैनात किये जा सकते हैं राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में आयोजित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक की हाई ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिये रानी द्र्गावती विश्वविद्यालय जबलप्र और देवी अहिल्या विश्वविदयालय इंदौर द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की राज्यपाल ने निर्देश दिये कि नैक के मापदण्ड के अनुसार कार्य सुनिश्चित करें सामाजिक महत्व के कार्यों का भी आंतरिक मूल्यांकन किया जाये श्रीमती पटेल ने कहा कि विदयार्थियों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का प्रयास करें शैक्षणिक गुणवत्ता को समय की माँग के अनुरूप बनायें पाठ्यक्रमों में रोजगार मूलक कम्प्यूटर कोर्स शामिल करें विद्यार्थियों को तनाव से मुक्त करने के लिये स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स को प्रभावी बनाने की दिशा में पहल की जाये बैठक में दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से तैयारियों का प्रस्तुतीकरण किया गया गर्मी प्रदेश में कल का दिन बेहद गरम रहा

मौसम विभाग ने आज इन्दौर सागर जबलपुर चंबल ग्वालियर उज्जैन और होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं लू चलने की आशंका जताई है ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को लू लगने एवं बीमार होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अनुराग चौधरी ने कक्षा नर्सरी से पाँचवी तक पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए आज से अवकाश घोषित कर दिया है

आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा

यहां सभी अधिकारीकर्मचारी महिलाएं होंगी